कार्यसूची के मुताबिक प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाया जाएगा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

इसका उदेश्य व्यक्ति समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर समाचार पत्रों ने आज हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र और कोरोना महामारी से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के बीच कोरोनो महंगाई भ्रष्टाचार अफसरों की मनमानी पर विपक्ष का हंगामा पंजाब केसरी के शब्द हैं सदन में पहले दिन हंगामा विपक्ष लाया काम रोका प्रस्ताव

हिमाचल दस्तक का शीर्षक है काम रोको प्रस्ताव मंजूर विपक्ष ने मांगा इस्तीफा आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है विपक्ष जिस इरादे से मुंदे को सदन में उठा रहा है वह सही नहीं है अजीत समाचार के अनुसार हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र शुरू सतापक्ष व विपक्ष हुए आमने सामने

हिमाचल दस्तक ने खबर दी है साक्षरता में हिमाचल चौथे पायदान पर केरल फिर अव्वल आंध्र प्रदेश सबसे नीचे

जबकि अमर उजाला का कहना है कंगना रणौत को केंद्र से वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा